कहा मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने और मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि लोगों को दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना राशि बढ़ाने के भी निर्देश दिए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों में अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में टूनेट मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन टेस्ट के अलावा आरटीपीसीआर से प्रतिदिन तीस हजार जांच की जाएं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक तैंतीस हजार से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इनके सुचारू संचालन पर बल दिया श्री योगी ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं भारत प्रति दस लाख जनसंख्या पर कोविड नाइन्टीन के रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देशों में से एक है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर लगभग पांच सौ पांच कोरोना के मरीज हैं जबकि वैश्विक औसत एक हजार चार सौ तिरपन से अधिक है भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति दस लाख पर लगभग चौदह है जबकि वैश्विक औसत इससे चार गुना अधिक अड़सठ है मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने इस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में काफी विस्तार किया है मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घटों के दौरान पन्द्रह हजार पांच सौ पन्द्रह रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ कर अब इकसठ दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है वर्तमान में दो लाख उन्सठ हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है मंत्रालय ने बताया है कि प्रति दिन दो लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार तीन सौ छियालीस मामले आने के बाद कोरोना के क्ल मामलों की संख्या उन्तीस हजार नौ सौ अड़सठ हो गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के नौ हजार पांच सौ चौदह सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि इस बीमारी से अब तक आठ सौ सत्ताईस लोगों की मौत हुई है और उन्नीस हजार छः सौ सत्ताईस मरीज ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले श्री तोमर कल वीडियो काफ्रेंस के जरिए बदायूं में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला रख रहे थे उन्होंने कहा कि दो नये अध्यादेश लागू होने और क षि क्षेत्र में अन्य कानूनी सुधार किये जाने से किसान अब अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में लाभकारी मूल्य पर बेच सकते हैं उन्होंने किसानों द्वारा मिट्टी की जांच पर ध्यान देने उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने सिंचाई में पानी के किफायती इस्तेमाल और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने में किसान विज्ञान केंद्रों की भूमिका के महत्व पर जोर दिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए नौवीं से बारहवीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत तक की कटौती की है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दृनिया में असाधारण स्थिति है सीबीएसई को पाठयक्रम संशोधित करने और नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है कोरोना महामारी में बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार देने में स्मॉल स्केल एसोसिएशन एवं उद्यमी आगे आए हैं जिसको लेकर हापुड़ में रोजगार मेले का आयोजन कर बेरोजगार प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है शिविर में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे जिन्होंने जनपद मे ही रोजगार पाया एक रिपोर्ट मजदूरों के सामने किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों को जनपद में ही रोजगार देने की उद्यमियों और कारोबारियो से अपील की हापुड़ स्मॉल स्कोल एसोसिएशन ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और लॉक डॉउन मे मजदूरों के न मिलने के कारण बंद पड़े उद्योगो को पटरी पर लाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें मजूदर रोजगार लेने के लिए पहुंचे स्मॉल स्केल एसोएिशन के सचिव अमन गुप्ता ने बताया हापुड़ जिले में काफी श्रमिक आये हमने हापुड़ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एएसोएशन ने यह रोजगार मेले का आयोजन किया

लामार्थी संजय ने बताया भैं गुजरात में काम करता था और वहां लॉकडाउन के कारण काम छुट गया जिसकी वजह से मैं अपने घर आ गया और मुझे काम की तलाश थी रोजगार मेला लग रहा था देखा इसमें मुझे नौकरी के लिये ऑफर दिया गया रोजगार मेले में काफी संख्या में मजदूर पहुंचे जिन्हें योग्यता के अनुसार कार्य दिया गया जिससे मजदूरो के चेहरों पर मुस्कान आ गई रविंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार हापुड़ र कानपुर में अपराधियों के साथ पिछले सप्ताह मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को कल प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कल मथुरा जिले के गांव बरारी में शहीद पुलिसकर्मी जितेन्द्र पाल के घर जाकर परिजनों को प्रमाण पत्र सौंपा प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कल कानपुर पहुंचकर मुठभेड़ में शहीद क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र मिश्रा की पत्नी को एक करोड़ रूपये की धनराशि के आरटीजीएस के हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र सौंपा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को असाधारण पेंशन दी जाएगी मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले चार दिनों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान तेज से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में इस सप्ताह अच्छी वर्षा होने की उम्मीद है इस बीच पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश में नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्वि हुई है राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सूचना के अनुसार शारदा और घाघरा नदी क्रमशः पलियाकलां लखीमपुर खीरी और एल्गिन व्रिज बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं गंगा नदी का जलस्तर बदायूं के कछला ब्रिज तथा घाघरा तुर्तीपार बलिया में बढ़ाव की ओर है गोण्डा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है नदी खतरे के निशान से मात्र छः सेंटीमीटर नीचे बह रही है राज्य सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता और बचाव कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश क्मार अवस्थी ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और रेडियो मुख्यालय द्वारा सोलह मंडलों के एक सौ तेरह बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों पर वायरलेस सेट लगाये गये हैं केन्द्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद आठ गुना वृद्वि हुई है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर आयोग के हवाले से बताया है कि यह खबर निराधार है